हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तीन दिन के सम्मेलन के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह थलसेना के कमांडरों और रक्षा मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया सरकारी सूत्रों ने बताया कि पहली बार इसमें जवानों के साथ साथ ज्ञनियर कमीशंड ऑफीसर भी शामिल हए कमांडरों का यह संय्क्त सम्मेलन सैन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे तीन वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है सूत्रों के अन्सार इस साल के सम्मेलन की कार्यसूची में कई नए विषय शामिल किये गये और इसे बहस्तरीय विचार विमर्श आधारित अनौपचारिक तथा तीस जवानों और जूनियर कमीशंड अधिकारियों को शामिल कर ज्ञानवर्धक बनाया गया

इसके साथ ही राज्य विधानसभा का छह दिन चला बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने कहा कि इस साल के बजट के छह आधार स्तंभ हैं जिनमें स्वास्थ्य मानव प्रंजी अरुणाचल का समावेशी विकास आदि शामिल है म्ख्यमंत्री ने वित्तमंत्री का पदभार संभाल रहे उप म्ख्यमंत्री चाउना मेन की तारीफ करते हए कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर एक अच्छा और जनहितैषी बजट तैयार किया है बजट पर सदन के सदस्यों की ओर से दिए गए स्झावों पर म्ख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि संबंधित मंत्री उनकी सभी चिंताओं और सुझावों का ध्यान रखेंगे

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा की ग्णवत्ता में स्धार के लिए वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस को शिक्षा के लिए समर्पित वर्ष घोषित किया है और राज्य बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आने के बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या तीन हो गई है राज्यभर में कल कोविड जांच के लिए तीन सौ पांच सैंपल एकत्र किए गए अरुणाचल प्रदेश के उप म्ख्यमंत्री चाउना मेन और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज आर के मिशन अस्पताल ईटानग में कोविड वैक्सीन की पहली ख्राक ली उन्होंने प्रदेश के लोगों से स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों के अन्सार कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाने की अपील की

इसके लिए सभी तैयारियां प्री कर ली गई है शीर्ष न्यायालय ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हए अदालतों में कामकाज के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें बार एसोसिएशनों के सुझावों को भी शामिल किया गया है न्यायालय ने मामलों की स्नवाई प्रत्यक्ष और वर्चअल तरीके से करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक पायलट योजना तैयार की है इसके अन्सार मंगलवार बुधवार और बुहस्पतिवार को अंतिम तथा नियमित सुनवाई के लिए मुकदमों को सुचीबद्ध किया गया है

राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग दवारा बी अलर्ट बी प्रीपेयर्ड विषय पर आगामी बीस अप्रैल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को भ्रकंप भ्रस्खलन बाढ़ सहित विभिन्न तरह के प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और राहत एवं बचाव कार्य चलाने के बारे में प्रशिक्षण किया जा रहा है आपदा प्रबंधन मंत्री के सलाहकार तानफो वांगनाव ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कम्यूनिटी वालंटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे स्थानीय प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन कार्य में सम्चित योगदान कर सकें